महंगाई और इन्वेस्टर्स मीट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी कांग्रेस का सदन से वॉकआउट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औद्योगिक निवेश को रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया बताया और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण पर दिया बल अब समाचार विस्तार से प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में भूमि आवंटित करने और उन्हें बसाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार के साथ इस मुद्दे पर अनेक स्तरों पर वार्ता हो चुकी है और मामला उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है विधायक राकेश पठानिया ने एक प्रतिपूरक सवाल के माध्यम से सरकार को इस मामले के जल्द निपटारे के लिए अपना एक दल राजस्थान भेजने का सुझाव दिया

विकास खंडों में पैसा खर्च करने को लेकर विधायक नरेंद्र ठाक्र के सवाल पर उन्होंने ये जानकारी दी वीरेंद्र कंवर ने विधायकों से भी आग्रह किया कि वे विधायक निधि के पैसे की समय समय पर समीक्षा करें ताकि इसका सदुपयोग सुनिश्चित बनाया जा सके

इसके लिए प्रदेश के सभी ब्लाकों को हर घर को नल से जल के तहत डीपीआर बनाने को कहा गया है

इस पर विधायक राकेश पठानिया ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछा वाकआउट प्रदेश विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस ने आज दूसरे दिन महंगाई व इन्वेस्टर्स मीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया और सदन से वाकआउट किया

इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी अपनी बात कहने को खड़े हुए लेकिन इस पर सत्ता पक्ष की ओर से विधायक राकेश पठानिया ने भी प्वाइंट ऑफ आर्डर की मांग कर दी और दोनों पक्षों में नोंकझोंक भी हुई मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि इन्वेस्टर्स मीट पर चर्चा का नोटिस कांग्रेस ने दिया था लेकिन उसे पीछे कर दिया और भाजपा का नोटिस आगे कर दिया जो विधानसभा की परंपरा के खिलाफ है

बिंदल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी सदस्यों को बोलने का भरपूर मौका दिया है और पीठ पर समय न देने का आरोप लगाना सरासर गलत है

इस दौरान कांग्रेस सदस्यों ने इन्वेस्टर्स मीट और महंगाई को लेकर बैनर भी लहराए और प्याज की मालाएं पहनकर नारेबाजी की विपक्ष के हंगामें के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा कर दी जिस पर पूरा विपक्ष नारे लगाते हुए सदन से वाकआउट कर गया मुख्यमंत्री वक्तव्य विधानसभा में विपक्ष के हंगामे से क्षुब्ध मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह प्रदेश में आम चुनाव के लिए कभी भी तैयार है विपक्ष द्वारा सदन से लगातार दूसरे दिन वॉकआउट और हंगामे से नाराज मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आज आम चुनाव घोषित होते तो भी भाजपा इसके लिए तैयार है और फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी मुख्यमंत्री ने विपक्ष के वॉकआउट को गलत करार देते हुए इसकी घोर निंदा की जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटना को सहन नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बहुत उच्च पंरपराएं हैं और विपक्ष इस गरिमा को हर रोज ठेस पहुंचा रहा है

अब इसके बावजूद विपक्ष का व्यवहार समझ से परे है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल अकेला राज्य नहीं है जिसने इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की है उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी इसी तरह की इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री ने विपक्ष से प्रदेश सरकार के इस प्रयास को साधुवाद भी मांगा ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हिमाचल में आए जयराम ठाकुर ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि इन्वेस्टर्स मीट के मुद्दे पर विपक्ष का शोर शराबा केवल राजनीतिक लाभ लेने तक सीमित है वहीं उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने इन्वेस्टर्स मीट में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं से इंकार किया है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण पर बल दिया है शिमला के समीप आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा में आज मानवाधिकार दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रभावी रूप से तभी विकसित हो सकता है जब लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो राज्यपाल ने कहा कि भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र मीडिया और सक्रिय समाज सहित नागरिकों को एक मजबूत मानवाधिकार संरक्षण ढांचा दिया है बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश कारागार विभाग द्वारा कैदियों के मानवाधिकारों के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना भी की इस अवसर पर कारागार व सुधार विभाग के पुलिस महानिदेशक सोमेश गोयल ने कहा कि राज्य के सभी कारागारों में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और उनका कौशल विकास किया जा रहा है

उन्होंने इस बिल को पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के हित में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना का दंश झेल रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये विधेयक एक उम्मीद की किरण लेकर आया है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों ने भारत को हमेशा धोखे में रखने का काम किया है और करोड़ों शरणार्थियों को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित रखा है